केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की हरिद्वार में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बोले विश्व पटल पर अलग रूप में दिखेगी तीर्थनगरी

सीएम निरीक्षण म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अन्तर्गत बने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन में अवस्थापना स्विधाओं की जानकारी ली उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में बने इस रेलवे स्टेशन को आध्निक स्वरूप दिया गया है रेलवे स्टेशन के निर्माण में पर्यावरणीय अन्कूलन का भी विशेष ध्यान रखा गया है यहां पर ब्ज्र्गों और दिव्यांगों के हिसाब से अलग से यूटिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रदेशवासियों और बद्रीनाथ केदारनाथ आने वाले श्रद्वाल्ओं को भी काफी स्विधा होगी इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर वृक्षारोपण भी किया रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद उन्होंने ऋषिकेश में बन रहे मल्टीपर्पज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण भी किया निशंक बैठक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हरिद्वार में विकास की अनेक योजनाएं चल रही है आने वाले सालों में हरिद्वार तीर्थनगरी विश्व के पटल पर एक अलग रूप में नजर आयेगी आज केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार में जिला समन्वय एवं विकास समिति की बैठक ली उन्होंने कहा कि जल्द ही हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य समयबद्व ढंग से पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने धनोरी से प्रकाजी तक बनने वाली नहर की मरम्मत के कार्यों की समीक्षा की केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस संबंध में उनकी उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री से भी बात हुई है

टिहरी में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि जिला योजना का अंतिम आवंटन जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायकों के साथ बैठक में किया जाएगा उन्होंने सीडीओ अभिषेक रूहेला को सहकारिता कृषि उद्यान पशुपालन मत्स्य पालन रेशम और वन विभाग की संयुक्त बैठक कर स्वरोजगार की योजनाएं बनाने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि ग्रामीण काश्तकारों को स्वरोजगार के लिए साधन सहकारी समितियों से पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा सरकार ने समितियों की लिमिट एक करोड़ रूपए की है हरिदवार कोविड टेस्टिंग हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन ने टेस्टिंग के काम को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता लगाया जाए जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीज रहते हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा हरिद्वार में क्छ फैक्ट्रियों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद वहां भी अधिक से अधिक टेस्टिंग कराई जा रही है साथ ही सभी कारखानों में काम कर रहे मजदूरों की कृल संख्या का दस प्रतिशत टेस्ट कराने के निर्देश दिये गए हैं

कोरोना के साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए बस्तियों और निर्माण स्थलों पर जाकर वहां पर मिलने वाले लार्वा को नष्ट किया जा रहा है साथ ही लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है

जिले के टनकप्र और बनबसा में छह चम्पावत में दो पाटी और लोहाघाट तहसील में तीन क्लीनिकों पर छापे मारकर उन्हें सीज किया गया है निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकतर क्लीनिक में बिना लाइसेंस के मरीजों का इलाज किया जा रहा था

इसका स्वरूप कैसा रहेगा यह उस समय की परिस्थितियों पर भी निर्भर रहेगा मुख्यमंत्री ने ब्धवार को नगर विकास मंत्री मदन कौशिक और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरी के अलावा अन्य अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ आगामी क्म्भ मेले के आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री ने कहा कि अखाड़ा परिषद के सदस्यों के विचार और सुझावों पर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने अखाड़ा परिषद के सदस्यों से अपनी समस्याओं से नगर विकास मंत्री को अवगत कराने को कहा म्ख्यमंत्री ने कहा कि क्म्भ से पह ले हरिद्वार में संचालित सभी स्थायी निर्माण कार्य पूरे कर दिये जायेंगे उन्होंने बताया कि हरिद्वार को जोड़ने वाले प्लों और सड़कों के निर्माण में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है पिथौरागढ़ अपडेट पिथौरागढ़ में रविवार को आयी आपदा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है

अपर जिलाधिकारी आरडी पालीवाल के अन्सार आपदा के लिहाज से धापा और बलोटा गांवों को संवेदनशील माना गया है जहां प्रशासन ने इन परिवारों के घरों को खाली करा लिया है भूस्खलन की ृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले मरतोली गांव में सीमा सड़क संगठन को आपदा न्यूनीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं अपर जिलाधिकारी ने बताया कि मुनस्यारी मदकोट मोटरमार्ग पर भी क्षतिग्रस्त किरकिरिया प्ल के निर्माण के लिये अतिरिक्त मशीनें लगाने और यातायात बहाल करने के निर्देश दिये गए हैं वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुनस्यारी में आपदा राहत सामग्री भेजी है आरएसएस के हल्द्वानी कार्यलय से लिए मुनस्यारी क्षेत्र के लिए राशन किट त्रिपाल इमरजेंसी लाइट गैस चूल्हा सहित जरूरत की सामग्री भेजी गई है टिड्डी दल अल्मोडा बागेश्वर जिले के काफली गैर क्षेत्र में टिड्डी दल के पहंचने की सूचना पर अल्मोड़ा कृषि विभाग सचेत हो गया है टिडडी दल के उत्तराखंड में आने से पहले विभाग ने न्याय पंचायत स्तर पर किसानों को जागरूक किया है अल्मोड़ा जिले के भैंसियाछाना धौलादेवी और लमगड़ा विकासखण्ड के कृषि विभाग के विशेषज्ञों को मुख्य कृषि अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं

मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि विकास भवन में सचल कृषि वाहन रखा गया है कहीं भी टिड्डी दल के पहुंचने पर यह वाहन वहां पहुंच जाएगा

कार्यक्रम में शामिल किशोरियों और उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया कार्यक्रम में बताया गया कि महिलाओं को समान वेतन के अधिकार के साथ ही मातृत्व लाभ का अधिकार प्राप्त है कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बताया गया कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ किस तरह अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है

गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की श्री शाह ने कहा कि दोनों स्वाधीनता सेनानियों ने लोगों में आजादी की भावना जगाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दोनों महान स्वाधीनता सेनानियों को अपनी श्रद्धांज लि दी है

दिल्ली में हए एक कार्यक्रम के दौरान पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के क्लपति डॉ तेज प्रताप को यह अवार्ड दिया गया